आज अपने एकदिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय ग्रहमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा

केंद्रीय गृहमंत्री आज सुबह बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले जगलदपुर पुलिस लाइन जाकर शनिवार को हुए माओवादी हमले में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केन्द्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और केंद्रीय गृह सचिव ए के भल्ला सहित केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद जवानों को अपने श्रद्वासुमन अर्पित किए इसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बीजापुर जिले में स्थित बासागुड़ा सीआरपीएफ कैम्प का दौरा किया और यहां सीआरपीएफ तथा प्लिस के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया शाम को केंद्रीय गृहमंत्री को अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के अंतिम चरण में राजधानी रायपुर पहुंचे और यहां विभिन्न अस्पतालों में भर्ती सुरक्षा बलों के घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना गौरतलब है कि बीते शनिवार को सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के तेईस जवान शहीद हो गए थे इस हमले में तीस अन्य जवान घायल भी हुए थे इनमें से गंभीर रूप से घायल तेरह जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के निजी अस्पतालों में चल रहा है इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने माओवादी मुठभेड़ में घायल सुरक्षा बल के जवानों से आज द्रभाष पर बात कर उनका हालचाल जाना और उनकी हौसला अफजाई की वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा श्री बघेल ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कैम्पों की स्थापना का कार्य और तेजी से किया जाएगा साथ ही विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी पीएम सीएम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे बैठक में देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी इसमें टीकाकरण के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी

इस अभियान में सभी को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा यह विशेष अभियान इस माह की चौदह तारीख तक चलेगा कल हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों के होम आइसोलेशन में इलाज और देखभाल के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी कर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी कर रहे निजी अस्पतालों नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों को मरीज से संबंधित जानकारी तथा उनके होम आइसोलेशन के समाप्ति की सूचना अनिवार्य रूप से जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराने कहा गया है

राज्य में कल दो लाख ग्यारह हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया राज्य में अब तक पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु समूह के इक्कीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आने वाले बीस दिनों में टीकाकरण का लक्ष्य प्ररा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के बाद भी कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और लोगों को टीका लगवाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है प्रदेश में लॉकडाउन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका निर्णय प्रत्येक जिले के कलेक्टर वहां की स्थिति के अनुसार लेंगे इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना टीकाकरण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं जांजगीर चांपा जिले के सांसद गुहाराम अजगले ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित हैं वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने भी अपने रायपुर प्रवास के दौरान कोरोना से बचाव के लिए टीके की पहली डोज लगवाई इस मौके पर श्री मरकाम ने पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की लॉकडाउन दुर्ग जिले में आज रात बारह बजे से चौदह अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी जिले में प्रवेश केवल ई पास के जरिये मिल पाएगा पेट्रोल पम्पों से सिर्फ शासकीय वाहन एंबुलेंस मीडियाकर्मियों और एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा बैंक और पोस्ट ऑफिस सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक ही संचालित हो सकेंगे शादी और अंत्येष्टि के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी घर घर जाकर दूध बांटने वालों को सुबह छह से सात बजे तक और शाम को छह से सात बजे तक की छूट दी गई है वहीं न्यूज पेपर हॉकर भी सुबह छह से आठ बजे के बीच ही अखबार बांट पाएंगे इन प्रतिबंधों से पेट्रोल पम्पों दवा द्कानों रसोई गैस एजेंसी और चश्मा द्कानों को छूट रहेगी इधर राजधानी रायपुर में भी कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कल रायपुर पुलिस द्वारा शहरों की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम छह बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए वहीं सभी प्रकार के होटल ढाबा और रेस्टॉरेंट को रात आठ बजे के बाद बंद करा दिया गया कोरोना रोकथाम पहल महासमुंद जिले के तेंद्रकोना गांव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक ही दुकान खोलने का निर्णय लिया है इसके बाद आज दोपहर दो बजे के बाद सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्व स्फूर्त बंद रहे इधर धमतरी जिले के क्रूद विकासखंड में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए विवाह समारोह में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के उन्हीं लोगों को सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना टीकाकरण करा लिया है विवाह समारोह के लिए अनुमति के आवेदन में व्यक्ति को इस बारे में स्वघोषणा पत्र देना होगा उधर राजनांदगावं जिले के खैरागढ़ में पुलिस ने कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है कल पुलिस ने दाउचौरा इतवारी बाजार धरमपुरा और अमलीपारा में चेकपोस्ट लगाकर जांच की गई इस दौरान बिना मास्क पहनकर निकलने वाले अड़तीस लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात अप्रैल को शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है श्री मोदी ने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में छात्रों की मदद करना चाहते हैं भाजपा स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह साढ़े दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी